प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियों के साथ पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कल वायनाड सीट से पर्चा भरेंगे उपराष्ट्रपति वैंकैया नायडू ने कम प्रदूषण फैलाने वाले वाहनो को बढ़ावा देने पर जोर दिया

चुनाव प्रचार आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार पूरे जोरों पर है और विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए रैलियों का आयोजन कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले पांच साल के शासनकाल में देश में विकास ने नई रफ्तार हासिल कर ली है प्रधानमंत्री ने कहा कि ममता सरकार ने बंगाल के लोगों को आयुष्मान भारत योजना के फायदों का लाभ नहीं उठाने दिया है

श्री गांधी कल केरल की वायनाड सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे चुनाव बैठक प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी व्ही एल कांताराव ने स्वतंत्र निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं श्री कांताराव सागर रीवा नर्मदापुरम संभाग में प्रथम चरण के लोकसभा चुनाव के लिए चल रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे

श्री कान्ताराव ने बैठक में मौजूद सभी जिलों के कलेक्टरों से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपेट मशीन की उपलब्धता और आवश्यकता चुनाव कराने उपलब्ध मानव संसाधन एवं उनका प्रशिक्षण वाहनों की जरूरत संवेदनशील मतदान केन्द्रों पर किये जा रहे सुरक्षा इंतजामों की जिलेवार जानकारी प्राप्त की उन्होंने प्रतिबंधित धाराओं के तहत आपराधिक तत्वों के विरुद्व की गई कार्यवाही की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षकों से ली उन्होंने मतदान बढ़ाने के उपायों पर भी जोर दिया नायडु उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने कहा है कि देश सौर शहरों के विकास की योजना बना रहा है और शहरी स्थानीय निकायों को नवीकरणीय ऊर्जा टेक्नोलॉजी अपनाने में आगे रहना चाहिये उन्होंने ने यह भी कहा कि परिवहन के ऐसे साधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो प्रद्षण कम फैलाते हों और पर्यावरण की दुष्टि से सुरक्षित हों इसके लिए बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है

इसमें से एक सौ गीगा वॉट सौर ऊर्जा से साठ गीगा वॉट पवन ऊर्जा से और पंद्रह गीगा वॉट अन्य गैर परंपरागत स्रोतों से किया जाएगा कांग्रेस थीम सॉग प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का थीम सांग देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस जारी किया है इस अवसर पर श्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां भविष्य केन्द्रित हैं और हम इक्कीसवीं सदी के दूसरे दशक में कैसा देश चाहते हैं इसको लेकर काम कर रहे हैं जबकि बीते पांच साल में लोग हर मामलें में अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं मतदाता जागरुकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही निर्वाचन गतिविधियों में भी तेजी आ गई है चुनावी अमले को प्रशिक्षण देने के साथ ही मतदाताओं को जागरुक करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

मतदाताओं को मतदान करने का संकल्प दिलाया जा रहा है देवास शहर के बास्केटबाल की राष्ट्रीय खिलाड़ी कुन्दन यादव ने जिले के मतदाताओं से वोट अवश्य करने की अपील की है टीकमगढ़ जिले में पुलिस ग्राउण्ड पर पुलिसकर्मियों के अलावा साई सेण्टर के खिलाड़ियों और एनएसएस के विद्यार्थियों के लिए सामूहिक शपथ कार्यक्रम आयोजित किया गया उमरिया में मतदाता जागरुकता रैली निकाली गई रैली के सामापन पर कलामण्डलियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये उमरिया जिले में आज चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने युवाओं को मतदान करने की शपथ दिलाई

आयोग ने राजनीतिक दलों की प्रचार सामग्री का परिवहन करने वाले वाहनो को अनुमति देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अधिकृत किया है इस वाहन का खर्च संबंधित उम्मीद्वार के चुनाव खर्च में जोड़ा जायेगा इसके संबंध में राजनैतिक दल को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को आवेदन देना होगा

इसके अलावा नदी नालों तालाबों आदि जलस्रोतों से पीने के अलावा औद्योगिक या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए पानी लेना प्रतिबंधित किया गया है आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई है जयंती सुप्रसिद्ध साहित्यकार कवि पण्डित माखनलाल चतुर्वेदी की कल जयंती है इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रमो का आयोजन किया जायेगा भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया है इसे पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी और साहित्यकार सुरेश आचार्य संबोधित करेंगे संस्थान हर साल उनकी जयंती पर विशेष व्याख्यान आयोजित करता है इसी कड़ी में भोपाल के समन्वय भवन में दोपहर साढ़े बारह बजे से ये व्याख्यान होगा

शिवपुरी में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में उन्होंने अपने कुछ समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली सूचना प्रशिक्षण नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा विभिन्न शासकीय कार्यालयों के लोक सूचना और सहायक लोक सूचना अधिकारियों को भोपाल में विशेष प्रशिक्षण दिया गया

अखिल भारतीय स्थानिक प्रशासन सलाहकार एन बी लोहनी ने प्रशिक्षण में सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न पहलू की जानकारी दी आयुक्त नगरीय प्रशासन गुलशन बामरा ने कहा कि अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों में समय सीमा में कार्यवाही करें भाजपा सभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रदेश प्रभारी स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमायें मजबूत होने के साथ सैनिकों का मनोबल भी ऊँचा हुआ है उन्होंने आज नरसिंहपुर में कार्यकर्ताओं की बैठेक में कहा कि देश सभी मोर्चों पर विकास की नई ऊंचाई छू रहा है उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादों से जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया

मौसम प्रदेश में तापमान में वृद्धि के साथ अप्रैल की शुरुआत से ही खासी गर्मी बनी हई है मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घण्टे के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ

अगले चौबीस घण्टों के दौरान खरगौन के साथ ही रतलाम गुना जबलपुर दमोह और सागर में लू चलने की संभावना व्यक्त की गई है

मौसम विभाग ने लोगों को गर्मी से बचने के उपाय अपनाने के लिए कहा है